समूहों ने करोड़ो गरीब परिवारों तक पहुंचने का सफल प्रयास किया है श्री मोदी ने आज देशमर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया इस संवाद में भाग लेने वाले स्वयं सहायता समूहों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना और ग्रामीण स्वयं सहायता प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूरी है प्रधानमंत्री ने ड्रंगरपुर जिले की रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत की निरोज निनामा से सीधा संवाद किया और उनके समूह द्वारा सोलर लैम्प और सोलर पैनल के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की

इन नियमों से सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट की विषयवस्तु और सेवाओं में भेदभाव करने से रोका जा सकेगा अब वे ब्लॉकिंग थ्राटलिंग या उच्चतर स्पीड एक्सेस के जरिए भेदभाव नहीं कर सकेंगे कल नई दिल्ली में बैठक के बाद दूरसंचार आयोग की अध्यक्ष अरुणा सुंदर राजन ने बताया कि रिमोट सर्जरी और ऑटोनोमस कारों जैसे कृछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन या र्सेवाओं को नेट निरपेक्षता के दायरे से बाहर रखा जाएगा

उनके शहीद होने के समाचार मिलते ही कस्बे में शोक की लहर छा गई

श्री वर्मा ने कल जयपुर में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में आमजन के हित में जो भी रियायतें दी गई है उनका व्यापक प्रचार किया जाए

योजना के तहत बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज और पैनल्टी में शत प्रतिशत छूट देय होगी जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आर जी गुप्ता ने बताया कि एमनेस्टी योजना के प्रति जनता के अच्छे रूझान को देखते हुए इसकी अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है

गिरोह मूल अभ्यर्थियों की जगह फर्जी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाने और चयन के बदले पांच से सात लाख रूपए ले रहा था पुलिस ने आरोपितों से चार लाख से अधिक रूपए खाली चैक कम्प्यूटर और मोबाइल फोन बरामद किए हैं

पुलिस ने युवक युवतियों को कोटपा एक्ट को तहत आर्थिक जुर्माना लगाकर छोड़ दिया

जिले के पनवाड़ कस्बे मे एक वर्षीय बालिका की बाल्टी में डूब जाने से मृत्यु हो गई वहीं भवानी मंडी में निर्माणाधीन मकान के कुए में सात साल के बालक की डूब जाने से मौत हो गई प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है कई जिलों में झमाझम बारिष हई है झालावाड कोटा सीकर और जयपुर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई बारिश की वजह से किसानों ने खरीफ की बुवाई शुरू कर दी है झालावाड़ जिले में खाद बीज की दुकानों पर किसानों की भीड़ देखी जा रही है